प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र के समक्ष विश्वास का संकट बना रहेगा

उन्होंने कहा आज विश्व को ऐसे बहपक्षवाद की जरूरत है जो मौजुदा समय की वास्तविकता सभी पक्षों की अभिव्यक्ति समकालीन चुनौतियों के समाधान और मानव हित पर केन्द्रित हो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर स्वीकृत घोषणापत्र से स्पष्ट है कि विश्व में संघर्ष रोकने विकास सुनिश्चित करने जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने असामनता दूर करने और डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ समान रूप से पहुंचाने की दिशा में बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि विश्व आज संयुक्त राष्ट्र की वजह से बेहतर स्थिति में है प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन सहित शांति और विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज विपक्षी विधायकों के हंगामे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी

भाजपा सदेस्य अमर कुमार बावरी ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में युवाओं के समक्ष बेरोजगारी का संकट उत्पन्न होने के मुददे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जिसके बाद भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे इस दौरान भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह के व्यवहार से क्षब्ध होकर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शल आउट करने का निर्देश दिया जिसके बाद रणधीर सिंह को मार्शलों की सहायता से सदन से बाहर कर दिया गया इस बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि द्वष्कर्म की घटना को लेकर उन्होंने डीजीपी से बात की है और दोपहर बाद पूरी रिपोर्ट लेकर सदन को अवंगत कराएंगे

मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र की रणनीतिक और वर्गीकृत टेस्ट ट्रैक ट्रीट नीति के कारण प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं और इससे मृत्युदर में कमी आई है राज्य में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ रही है

वहीं कल आठ मरीजों की मौत हुई है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है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

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्डा और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा

राज्यसभा में विपक्ष कें नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज सुबह ये घोषणा की उन्होंनि कहा कि विधेयकों पर चर्चा के लिए कम समय दिये जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से तालमेल का आमाव था उन्होंने सभापति एम वेंकैया नायडू से आठ सांसदों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया श्री आजाद ने कहा कि सरकार एक विधेयक के जरिये यह सुनिश्चित करे कि मंडियों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अनाज न खरीदा जाए श्री आज़ाद के बयान के बाद कांग्रेस वाम दलों तुणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन से बाहर चले गए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदस्यों के अनुचित आचरण के कारण ये कार्रवाई की गई है

श्री नायडू ने विपक्ष के नेताओं से बहिष्कार के फैसले पर पुनर्विचार और आत्मोलोकन करने तथा चर्चा में भाग लेने के लिए सदन में वापस आने का आग्रह किया केन्द्र सरकार ने रबी की छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जानकारी दी कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और क्सुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड रुपये की राशि मंजूरी की है गृहमंत्री अमित शाह ने रबी की छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण किसानों और गरीबों के हित के लिये समर्पित है रबी की छह उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों और निर्धनों के कल्याण का संकल्प व्यक्त किया है सरकार का यह प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल अंतर्गत कोयला क्षेत्र में वन विभाग ने लाखों रुपए की मेद छाल जप्त की है वन विभाग के दल को देखकर वाहन चालक और सहचालक गाड़ी छोड़ कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकले वन क्षेत्र के रेंजर विजय कुमार ने बताया कि वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है

विश्व गेंडा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के एक सीग वाले गैंडों के लिए राष्ट्री य संरक्षण रणनीति शुरू की है